विपक्षियों पर ऋण माफी के नाम पर किसानों से झूठ बोलने का लगाया आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुम्म मेले के आयोजन सम्बन्धी तैयारियों का लिया जायजा अधिकारियों को दिये ज़रूरी निर्देश सीबीआई ने अवैघ बालू खनन मामले में आईएएस अधिकारी बीचन्द्रकला के लखनऊ आवास और कई अन्य लोगों के यहाँ मारे छापे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों को अन्नदाता समझती है न कि योट बैंक झारखंड के पलामू जिले में कोयल मण्डल बांच की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित समारोह में कल उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे किसानों की ऋण माफी के नाम पर झुठ बोल रहे हैं अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता सीघा सादा एक लाख करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता लेकिन मैने किसानों को गुम्राह करने वाला रास्ता नहीं चुना कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती है एक साल की हो जाती लेकिन एक लाख करोड़ से जो पनी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा वो कभी कर्जदार न बने ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने में पिछली सरकार के मुकाबले पांव गुना तेजी से कार्य कर रही है उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए फ्र्यानमंत्री आवास योजना के पच्चीस हजार लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया और उन्हें बद्याई दी

प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर मण्डल बांध परियोजना को सैंतालिस साल में भी पूरा न कर पाने के लिए आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करने के लिए झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना की झारखंड और बिहार के सांसद साथ में आए और ये समस्या हमारे देश के किसानों की हैं उनको लाम मिलना चाहिए और मैं इन समी एमपीज को बचाई देता हूं और इसलिए मैं इन सांसदों का आज विशेष रूप से अभिनदन करता हूं भारत के फेडरल्जिय को एक नई ताकत देने का काम बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है ये मेरे लिए विशेष गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब दस हजार लोगों का रोजाना मुफ्त इलाज किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोयल नदी पर पच्चीस अरब रूपये की लागत की अध्री उत्तर कोयल मंडल बांघ परियोजना को पूरा करने और कनहर सोन पाइपलाइन बिछाने की परियोजना सहित कुल छह सिंचाई योजनाओं की आधारशिला रखी आगामी पन्द्रह जनवरी से शुरू होने वाले कृम्म मेले की तैयारियां जोरो पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में कुम्म मेले की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस विश्वस्तरीय आयोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रयागराजवासियों की जिम्मेदारी है कि कुम्म में आने वाले देश और दुनिया के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता वाहन की परेड के अलावा शटल बसों और ई रिक्शा को हरी झण्डी दिखाकर भी रवाना किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुम्म मेला क्षेत्र में स्थित विमिन्न अखाड़ों का श्रमण करने के अलावा पूजा अर्चना भी की

सत्ताईसवां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कल प्रगति मैदान में शुरू हुआ केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नौ दिन तक चलने वाले इस वार्षिक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऑडियो बुक्स और ई बुक्स जैसे नये रूपों में पुस्तकों के उपलब्ध होने के बावजूद किताबों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है उन्होंने कहा कि भारतीयों में पढ़ने की आदत बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है इस वर्ष के प्रस्तक मेले का मुख्य विषय है दिव्यांग पाठकों की विशेष आवश्यकताएं आकाशवाणी मेले का रेडियो पार्टनर है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू द्वारा और उन पर लिखी गई प्रस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गयी है छः सौ से अधिक प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रदर्शित कर रहे हैं इसके लिए एक हजार तीन सौ पचास से अधिक स्टॉल बनाए गए हैं वीस से अधिक देश मेले में भाग ले रहे हैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो सी बीआई ने अवैघ बालू खनन मामले में लखनऊ कानपुर जालौन हमीरपुर तथा राष्ट्रीय राजघानी दिल्ली में अलग अलग बारह जगहों पर छापेमारी की इस दौरान आईएएस अधिकारी बी चन्द्रकला के लखनऊ स्थित आवास पर भी छापा मारा गया आईएएस अधिकारी बीचन्द्रकला पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हमीरपुर में जिलाधिकारी के तौर पर तैनात थीं उन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अवैध रूप से खनन पट्टे आवंटित करने का आरोप है सीबीआई ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर भी छापे मारे हैं समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अवैध खनन का मुद्दा काफी उछला था और इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांव का निर्देश दिया था और सभी पट्टे अवैव घोषित कर दिये थे अवैव खनन ने राज्य में सरकारी खजाने को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने शिक्षामित्रों को आज आयोजित हो रही सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की सशर्त अनुमति दे दी है न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने शिक्षामित्रों द्वारा दायर अलग याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपने अन्तरिम आदेश में कहा है कि शिक्षामित्रों को सहायक बेसिक शिक्षकों के उन्हतर हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि उनका परीक्षाफल उस समय तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक अदालत का अन्तिम आदेश न आ जाये न्यायालय ने शिक्षामित्रों द्वारा दायर याविकाओं पर सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई छ हपते बाद करने को कहा है कानपुर स्थित पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पनकीधाम कर दिया गया है नाम परिवर्तन की घोषणा कल कानपुर में रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने की इस दौरान श्री सिन्हा ने पनकी भाऊपुर ट्रेन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस स्टेशन का सिर्फ नाम नहीं बदला गया है बल्कि इसका उच्चीकरण और सौन्दर्यीकरण भी किया जायेगा श्री सिन्हा ने कहा कि पनकीघाम रेलवे स्टेशन के विकास से कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर दबाव कम होगा उन्होंने कहा कि पिछले साढे चार वर्षो के दौरान सरकार ने रेलवे की ढॉचागत सुविधाओं को मजबूती दी है रेल राज्यमंत्री ने कहा कि प्र्यानमंत्री की मंशा है कि भारतीय रेल इन्जन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करे उन्होंने कहा कि इस संकल्पना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनेक रेल ट्रैक्स का दोहरीकरण विद्युतीकरण और गेज़ परिवर्तन सहित कई काम किये गये हैं समूचा प्रदेश ठंड और कोहरे की चपेट में है राज्य के परिचनी हिस्से में ठंड का सबसे ज्यादा असर है कुछ स्थानों पर रात के न्यूनतम तापमान में कुछ सुधार हुआ है लेकिन दिन में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात भी प्रमावित है राज्य में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है और कृछ स्थानों पर जिला अधिकारियों ने सुबह दस बजे से पहले स्कूल नहीं खोलने के निर्देश दिए हैं इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर और राज्य के पश्चिमी हिस्से के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संमावना जताई है